प्रदेश की गंगा यमुना सहित कई प्रमुख नदियों का बहाव खतरे के निशान से ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को चौकसी बरतने के दिये निर्देश

प्रधानमंत्री कल गुजरात में अपने उन्हतरवें जन्म दिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे एक भारत श्रेष्ठ भारत के सरदार के सपने को आज देश साकार होते हुए देख रहा है

सरदार साहेब की प्ररेणा से दशकों पुरानी समस्या के समाधान के लिए नए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया गया है सरदार सरोवर बांध के पास नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने साबित कर दिया है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास संभव है हमारी संस्कृति में हमेशा माना गया है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी विकास हो सकता है इसका जीवंत उदाहरण अब केवडिया में देखने को मिल रहा है एक तरफ सरदार सरोवर बांध है विजली उत्पादन के यंत्र है बटरफलाई गार्डन ईको ट्ररिज्य इससे जुड़ी बहुत ही सुदर व्यवस्थाए हैं प्रधानमंत्री ने पिछले पांच वर्षों में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई एक सौ अड़तीस दशमलव छह आठ मीटर ले जाने तथा इससे जुड़े जलाशय के लबालब भर जाने का उल्लेख किया श्री मोदी ने कहा कि सरदार सरोवर बांध को पूरा करने की सफलता का श्रेय लाखों लोगों को जाता है और अब यह लोगों की जिम्मेदारी है कि बांध के पानी का किफायती इस्तेमाल करें उन्होंने गुजरात में सरदार सरोवर बांध की नहरों के जाल का काम पूरा होने पर संतोष व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछल सौ दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं और आगे भी लोगों की भलाई के लिए इसी गति से काम किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर कल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्रियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं खिलाड़ियों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख व्यक्तियों के अलावा आम जनता ने उन्हें बधाई दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य खूशहाली और राष्ट्र सेवा के लिए श्मकामनाएं दी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने कहा कि श्री मोदी के शानदार नेतृत्व में लोगों ने नये भारत के रचनात्मक आंदोलन को स्वीकार किया है गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि एक सुधारक के रूप में श्री मोदी ने न केवल राजनीति को नई दिशा दी बल्कि दशकों से लंबित समस्याओं का स्थाई समाधान दिलाकर गौरवान्वित किया कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कॉग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्री मोदी के जन्मदिन पर उनके स्वास्थ्य प्रसन्नता और दीर्घायु की कामना की है प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुछेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए के समाप्त किये जाने के बाद से वहां कोई अप्रिय घटना नहीं हई है और राज्य में शांति बनी हई है आज नई दिल्ली में छियालिसवें राष्ट्रीय प्रबंधन अधिवेशन को संबोधित करते हए गृहमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी निर्णय राष्ट्रहित में लिए हैं सूचना और प्रसारण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त करने से जम्मू कश्मीर के लोगों को हर क्षेत्र में अवसर उपलब्ध होंगे कल असम में गुवाहाटी के पास अजारा में एक रैली को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब और अधिक लाम मिल सकेंगे उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था श्री जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त करके देश की एकता को मजबूत किया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत बाईस हजार स्वास्थ्य और सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्र काम कर रहे हैं और दस करोड़ लामार्थियों को ई कार्ड जारी किया गया है कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षकर्धन ने कहा कि इस योजना से बड़ी संख्या में गरीब मरीजों को फायदा पहुंचा है

इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोगात्मक संघवाद को श्रेय देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली ओडिसा तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को छोड़कर बत्तीस राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इस योजना को लागू कर रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सामने चुनौतियों पर इस महीने की तीस तारीख से पहली अक्टूबर तक आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सम्मानित करेगा कल अमरीका के सियेटल में जारी क्तव्य में फाउंडेशन ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी को भारत में पचास करोड़ लोगों को सुरक्षित स्वस्थ और स्वच्छ माहौल उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमरीका के ह्यूस्टन में रविवार को हाउडी मोदी कार्यक्रम में अपने संबोधन के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे अपने संबोधन में इनमें से कृष्ठ सुझाव शामिल करेंगे उन्होंने नमो ऐप के जरिये विशेष ओपन फोरम पर लोगों से अपने विचार भेजने का आप्रह किया है श्री मोदी ने ह्यूस्टन में भारतीय समुदाय के इस आयोजन में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के भी शामिल होने को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की है प्रदेश की गंगा यमुना सहित कई प्रमुख नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो गये हैं केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी गाजीपुर और बलिया में खतरे के निशान से उपर है और इसमें लगातार बढ़ोत्तरी जारी है वहीं यह प्रयागराज मिर्जापुर और वाराणसी में खतरे के निशान से नीचे बढ़ाव पर है बाढ़ का पानी कई जगह फसलों को जलमग्न करता हुआ आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर गया है जिला प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिये हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की प्रदेश में लगभग सभी प्रमुख नदियां उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर या उसके करीब वह रही है गंगा यमुना बेतवा चंबल घाषरा और शारदा नदियों ने हमीरपुर बांदा बलिया औरैया प्रयागराज फैजाबाद बाराबंकी गोंडा वाराणसी और आगरा जिलों के निचले इताकों को अपनी चपेट में ले लिया है वाराणसी में लगभग सभी प्रमुख घाट गंगा नदी के उफनाए पानी में डूबे हुए हैं प्रसिद्ध गंगा आरती के स्थक्षान में भी परिवर्तन करना पड़ा है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को चौकसी बरतने के निर्देश दिये हैं उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मौजूद बंधों का निरीक्षण करते हुए लगातार निगरानी के आदेश दिये हैं मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ चौकियों को कार्यशील करने के साथ किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारियां रखने के निर्देश दिये हैं प्रदेश में अगले वर्ष पांच से आठ फरवरी के बीच आयोजित होने वाले डिफॅस एक्सपो दो हजार बीस की तैयारियों का कल रक्षा उत्पादन विमाग भारत सरकार के सचिव सुभाष चन्द्रा ने जायजा लिया लखनऊ में एक्सपो कार्य स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि निर्धारित तारीख तक आयोजन की समी तैयारियां पूरी कर ली जायें उन्होंने कहा कि डिफेंस एक्सपो में बड़े पैमाने पर आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि मंडल निवेशक उत्पादक और एकजीवेटर्स के लिये बेहतर यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाये सुनिश्चित कराई जाये